प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में तीन तलाक विधेयक के पारित होने को नारी शक्ति की जीत बताया है और कहा है कि इससे समाज में और समानता आयेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ लंबे समय से जो गलत होता आ रहा था उसे अब दुरूस्त कर दिया गया है एक पुरानी और मध्यकालीन प्रथा का अंत हो गया है उन्होंने कहा कि यह उन मुस्लिम महिलाओं के साहस को सलाम करने का अवसर है जिन्होंने तीन तलाक की कुप्रथा के कारण तमाम तकलीफें सही हैं विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में हमारे संवाददाता की रिपोर्ट साउंड बाईट इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद एक बार में तीन तलाक बोलकर तलाक देने की कुप्रथा अमान्य और अवैध होने के साथ संज्ञय अपराध बन जाएगी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 मौखिक लिखित यो किसी अन्य माध्यम से कोई पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपरध की श्रेणी में आएगा तीन तलाक देने पर पत्नी स्वयं या उसके करीबी रिश्तेदार ही इस बारे में केस दर्ज करा सकेंगे इस विघेयक में ये प्रावधान भी है कि अपराधी को जमानत देने से पहले मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला की सुनवाई करेगा जिस मुस्लिम महिला को तलाक दिया जाता है अगर वह मजिस्ट्रेट से मुकदमा वापस लेने का अनुरोध ेकरती है और मजिस्ट्रेंट उसे स्वीकृति दे देता है तो मुकदमा वापस लिया जा सकता है विधेयक के अंतर्गत पीड़ित मुस्लिम महिला स्वयं और अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है दीपेंद्र कुमार आकाशवाणी समाचार संसद में तीन तलाक विधेयक के पारित होने पर देश भर में इसका स्वागत किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने आयी महिलाओं को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण तीन तलाक पर प्रतिबंध नहीं लगाया जावड़ेकर ने कहा कि अधिकांश मूस्लिम देशों ने इस पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है

वो हार गई है और देश में बदलाव की लहर चल रही है तीन तलाक विधेयक पारित होने पर मूस्लिम महिलाओं ने इसका स्वागत किया है अररिया के आजाद नगर की रुखसाना ने कहा उन्हें अब तीन तलाक की कुप्रथा से आजादी मिल जायेगी

सिमरन फातिमा ने कहा कि वर्षों पुरानी चली आ रही प्रथा से हमें मुक्ति मिली है

गुस्से में आकर या कोई भी बात को लेकर छोटी छोटी बातों को लेकर तलाक बोल देते थे इससे महिलाओं की जिंदगी वर्बाद हो जाती थी वो बेचारी अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगी इसलिए अब उसमें कानून का खौफ आ गया है दरभंगा जिले में कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है वहीं हनुमान नगर बहादुरपुर और हायाघाट प्रखंड में नदियों के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है जिलाधिकारी ने बाढ़ के कारण घरों को हुए नुकसान और फसल क्षति के आकलन का निर्देश दिया है वहीं क्षतिग्रस्त सड़कों को आवाजाही के योग्य बनाया जा रहा है हायाघाट में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब एक मीटर ऊपर बना हुआ है वहीं ब्रूढ़ी गंडक समस्तीपुर में रोसड़ा और समस्तीपुर रेल पुल के पास खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं खिरोई नदी का जलस्तर दरभंगा जिले के एकमी घाट में खतरे के निशान से ऊपर रिकार्ड किया गया पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपूर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन आज चौथे दिन भी बाधित है वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बिरेन्द्र कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि बागमती नदी का जलस्तर स्थिर है लेकिन मंडल के हायाघाट रेलवे स्टेशन के पास रेल पुल संख्या सोलह पर पानी का भारी दबाव अभी भी बना हुआ है उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों का परिचालन बंद रखने का निर्णय लिया गया है श्री कुमार ने कहा कि इस रेलखंड पर चलने वाली बाईस मेल और एक्सप्रेस समेत सवारी गाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया गया है जबकि आठ गाड़ियों को मार्ग बदल कर चलाया जा रहा है वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए समस्तीपुर से हायाघाट और थलवारा से दरभंगा स्टेशनों के बीच विशेष सवारी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिजनों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर दिल्ली की एक अदालत में आज अपना पक्ष रखा सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी गौरतलब है कि पिछले दिनों इस मामले में अदालत ने तेजस्वी यादव की याचिका खारिज करते हुए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अलग अलग सुनवाई किये जाने का आदेश दिया था उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी केन्द्र के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपे जाने के बारे में आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को महाधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी संविधान का एक सौ तीनवां संशोधन कानून दो हजार उन्नीस का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे लगभग बीस करोड़ लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है

भाजपा सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने लोकसभा में शुन्यकाल के दौरान तारेगना डीह और खगौल चक्रदाह को खगौलीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का मुद्दा उठाया उन्होंने केन्द्र सरकार से आर्यभट्ट के नाम पर तारेगनाडीह में वेदशाला के निर्माण का अनुरोध किया है इधर राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह ने पटना जिला स्थित बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है उन्होंने राज्यसभा में ये मामला उठाया उधर राजद सांसद अशफाक करीम ने राज्यसभा में केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के लिये सांसद कोटे में बढ़ोतरी की मांग रखी लोकसभा में कल पारित नेशनल मेडिकल काउंसिल विधेयक दो हजार उन्नीस के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आहवान पर आज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में भी डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं इस हड़ताल के कारण राजधानी के पीएमसीएच एनएमसीएच आईजीआईएमएस समेत विभिन्न अस्पतालों में ओपीडी सेवा बाधित रही हालांकि आपातकालीन सेवाओं को हड़ताल से अलग रखा गया है बिहार आईएमए के सचिव डॉक्टर ब्रजनंदन कुमार ने कहा कि इस विधेयक के प्रावधान चिकित्सकों के साथ ही आम आदमी की स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ है राज्य में जल शक्ति अभियान के तहत पचास लाख वृक्ष लगाये जायेंगे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आज कहा कि यह वृक्षारोपण अभियान मनरेगा कार्यक्रम के तहत चलाया जायेगा श्री कुमार नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड में लोक संपर्क और संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित जागरूकता अभियान को संबोधित कर रहे थे श्री कुमार ने कहा कि अभी राज्य का हरित आवरण पंद्रह प्रतिशत है जिसे बढ़ाकर पैंतीस प्रतिशत किया जाना है शिवहर जिला पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर अंतर जिला अपराधी गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है इनके पास से दो पिस्तौल और इकतालीस कारतूस बरामद किये गये हैं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि पकड़े गये अपराधियों में से दो शिवहर जिले का है जबकि एक सीतामढ़ी का रहने वाला है उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ हत्या डकैती और लूट समेत दर्जनों जघन्य आपराधिक मामले शिवहर और आसपास के जिलों में दर्ज हैं